सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

मुंख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में लगातार कम हो रहा है कोरोना संक्रमण

कोविड केयर सेंटर केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि मध्यप्रदेश के मंडला डिंडौरी बालाघाट सिवनी और नरसिंहपुर जिले में सर्वसुविधायक्त कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे जिनमें ऑक्सीजन लाइन ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के साथ वेंटीलेटर्स की भी सुविधा होगी

प्रदेश को अतिरिक्त क्राइयोजैनिक ऑक्सीजन टैंकर भी प्रदान किए जाएंगे केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि बीना में बॉटलिंग प्लांट भी शुरू किया जाएगा

यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो सागर विदिशा अशोकनगर और गुना सहित आसपास के जिलों के कोविड मरीजों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में मध्यप्रदेश ऑक्सीजन की उपलब्धता के मामले में भी आत्मनिर्भर बनकर उभरे उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगाये जाने की दिशा में गेल आयनॉक्स जैसी संस्थाओं से भी बातचीत चल रही है प्रदेश कोविड प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है

ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी वे कल राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में केन्द्रीय इस्पात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण कोर ग्रप के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के माध्यम से हर गरीब एवं मध्यम वर्गीय व्यक्ति को हर जिले में निशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गाँव गाँव शहर शहर में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत गाँवों में घर घर सर्वे कर मरीजों की पहचान कर त्रंत उपचार चालू किया जा रहा है मंख्यमंत्री ने कहा कि हम शीघ्र ही कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित कर लेंगे

अधिक संकमण वाले जिलों में इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर शामिल हैं

जन आंदोलन सिवनी जिले के बंडोल थाना में पदस्थ कांस्टेबल राजेश सरेयाम ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होकर वापस लौटे और अब लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं

टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण इस महीने की पहली तारीख को शुरू हुआ था वैश्विक मदद कोविड भारत देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ने के बीच भारत को विश्व समुदाय से सहयोग मिल रहा है केन्द्र सरकार इस विदेशी मदद को तेजी से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को वितरित और आवंटित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था कर रही है

इससे चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती मिलेगी

अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया है